प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातमूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रमुता और सीमाओं की रहा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है लहाख में भारत की भूमि पर औंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है भारत मित्रता निमाना जानता है तो औँख में औँख डालकर देखना और उपित जवाब देना भी जानता है हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कमी भी मौं भारती के गौरव पर आँच नहीं आने देंगे श्री मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द का अनुभव कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मातभूमि की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्वांजलि होगी भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है हर देशवासी को बनाना है हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमायों की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े देश और अधिक सक्षम बने देश आत्मनिर्मर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्वांजलि भी होगी प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की तैयारी के महत्व का भी उल्लेख किया श्री मोदी ने कहा कि कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढियों में परिवर्तित किया है इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है

प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब क संकल्प समर्पण और सहयोग बहत जरूरी है भारत आलनिर्मरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है साथियो कोई भी मिशन पीपुल्स पार्टिसिपेशन जनभागीदारी के बिना पुरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता इसीलिए आत्मनिर्मर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है अनिवार्य है आप लोकल खरीदेंगे लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी मूमिका निमा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को स्वयं विभिन्न बीमारियों से बचना होगा उन्होंने आयर्वेदिक दवाओं जड़ी बुटियों से निर्मित औषधि और गर्म पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखने का सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोला जा रहा है लेकिन हमें अभी सतर्क रहना होगा देश में तीन लाख नौ हजार सात सौ तेरह कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं पिछले चौबीस घंटे में तेरह हजार आठ सौ बत्तीस रोगी ठीक हए हैं और अब स्वस्थ होने की दर अटठावन दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में उन्नीस हजार नौ सौ छह लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या पांच लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ उन्सठ हो गई है एक दिन में चार सौ दस लोगों की मृत्यु के साथ मृतको की कुल संख्या सोलह हजार पंचानबे हो गई है इस समय देश में दो लाख तीन हजार इक्यावन मरीजों का इलाज चल रहा है इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंघान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में रिकार्ड दो लाख इकतीस हजार पंचानबे नमूनों की जांच की गई आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फेफडा रोग के विभागाध्यक्ष डॉ अनन्त मोहन ने लोगों को डॉक्टर के परामर्श के बिना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवा नहीं खाने की सलाह दी है